भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा है कि सवा सौ करोड़ से ज्यादा नागरिक आधार से जुड़ चुके है हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री मूल चंद शर्मा ने आज गुरूग्राम में किलोमीटर स्कीम बस सेवा का श्भारंभ किया पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में ठंड का कहर जारी दिन और रात के तापमान में और गिरावट दर्ज की गई केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह प्री ने कहा कि संशोधन नागरिकता कानून से भारत के धर्म निरपेक्ष रूवस्प में कोई बदलाव नहीं आयेगा उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर इस कानून को लेकर भ्रांतियां फैलाने का आरोप लगाया एक टिवीट संदेश में श्री प्री ने कहा कि इस कानून से किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों में न तो कोई बदलाव आयेगा और न ही कोई असर पड़ेगा चाहे वे किसी भी धर्म जाति व वंश या संप्रदाय के हो श्री प्री ने कहा कि नये नागरिकता कानून का विरोध गलत धारणाओं पर आधारित है भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण ने कहा है कि देश में विशिष्ट पहचान संख्या आधार के तहत पंजीकरण कराने वालों की संख्या सवा अरब को पर कर गई है जिसके चलते आज देश के सवा सौ करोड़ निवासियों के पास अपनी विशिष्ट पहचान का प्रमाण आधार संख्या के रूप में उपलब्ध है और यह भी सच्चाई है कि आधार क सैंतीस हजार करोड़ से अधिक बार इस्तेमाल को च्का है तथा वर्तमान में इस विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण का प्रमाणित करने के लिए रोज़ाना तीन करोड़ अन्रोध होते है लोग आधार विवरण को अध्यतन रखने को भी तैयार रहते है और प्राधिकरण को रोज़ाना इसके लिए तीन से चार लाख अपडेट प्राप्त होते है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश के लिए दिये गये सर्वोच्च बलिदानों में हिमाचल प्रदेश हमेशा आगे रहा है आज शिमला में एक रैली को सम्बोधित करते हये श्री शाह ने कहा कि हिमाचल के चार परमवीर चक्र विजेता रहे है उन्होंने राज्य के लोगों की बहाद्री व बलिदानों को नमन किया रैली का आयोजन जय राम ठाकर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के दो वर्ष प्रे होने के उपलब्ध में किया गया था श्री शाह ने कांग्रेस पर नागरिकता संशोधन कानून बारे लोगों को ग्मराह करने का आरोप लगाया हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा है कि श्रवण एवं वाणी निशक्तजनों को वर्तमान में उपलब्ध उपकरणों एवं इंटरनेट के माध्यम से शिक्षित कर रोज़गार के मौके दिलवायें ताकि ये बच्चो में राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सके श्री आर्य आज चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य श्रवण एवं वाणी निशक्तजन कल्याण समिति की उपाध्यक्ष एवं प्रधान श्रीमती शरणजीत कौर से समिति की गतिविधियों व कार्यक्रमों की जानकारी ले रहे थे श्रीमती कौर ने ने बताया कि इस समय लगभग डेढ़ लाख व्यक्ति श्रवण व वाणी की समस्या से ग्रस्त् है इसमें से बीस हजार बच्चे है समिति के माध्यम से प्रदेश में आठ श्रवण व वाणी निशक्त जन कल्याण केन्द्र चलाये जा रहे है जिनमें दो हजार से अधिक बच्चे पंजीकृत है उपम्ख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने जन नायक जनता पार्टी के विधायक राजकुमार गौतम दवारा इस्तीफा दिये जाने पर प्रतिक्रिया देते हये कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है श्री गौतम के बयान बारे पूछे जाने पर दृष्यंत चौटाला ने कहा कि बयान देना और मीडिया में बात कहना अलग बात है अगर उनका इस्तीफा पार्टी कार्यालय में पहंचा तो प्रदेशअध्यक्ष निशान सिंह उस पर फैसला लेंगे श्री गौतम दवारा की गई आलोचना पर उन्होंने कहा कि वे इसका ब्रा नहीं मानेंगे कंयूंकि इसमें सभी विधायकों को ठेस पहुंचेगी हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने आज ग्रूग्राम में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटश्र स्कीम बस सेवा का श्भारंभ किया योजना के तहत उन्होंने पांच बसों हरी झंडी दिखा कर रवाना किया

साथ ही स्कीम के तहत ए सी बसों व वोल्वों बसों का संचालन भी किया जायेगा

उन्होंने बताया कि ग्रूग्राम में अत्याध्निक स्विधाओं वाला नया बस अड्डा बनेगा इसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है परिवहपन मंत्री ने कहा कि एक अनुमान के अनुसार प्रदेश में आठ से दस हजार बसों की आवश्यकता है जिसे पूरा किया जायेगा आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के तत्वाधान में तीन से पांच जनवरी तक रोहतक में भजनोपदेशक सम्मेलन होगा जिसमें देश भर के जाने माने भजनों पदेशक भाग लेगें आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रधान मास्टर रामपाल ने रोहतक में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि दो फरवरी को आयार्च बलदेव की यादमें प्रांतीय आर्य महा सम्मेलन होगा

मास्टर रामपाल ने नागरिकता संशोधन कानून का भी समर्थन किया पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में कड़ाकें की ठंड पड़ रही है जहां अधिकतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई वहीं रात की ठंड भी बढ़ है

मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तरी भारत समेंत दोनों राज्यों में शीतलहर फिलहाल ऐसे ही जारी रहेगी

हमारे यम्नानगर संवाददाता के अन्सार अधिक ठंड के कारण पश् भी प्रभावित है पश्पालन विभाग के विशेषज्ञों के अन्सार पश् ठंड के कारण होने वाले तनाव की चपेट में है जिस कारण द्धारू पश्ओं की तीस फीसदी तक द्रध कम हो गया है उधर कृषि वैज्ञानिकों ने इस ठंड को रबि की फसलों के लिए लाभकारी बताया है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अन्राग अग्रवाल ने बताया कि फोटोय्क्त मतदाता सूचियों के विशेष प्नरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूचियों का प्रकाशन दस फरवरी को किया जाना है जो इस वर्ष तीस दिसम्बर को होना था उन्होंने बताया कि आयोग दवारा पहली जनवरी को अहत्ता तिथि मानते हथे मतदाता सूचियों का विशेष प्नरीक्षण अभियान का कार्यक्रम संशोध्न किया गया है हरियाणा के ग़हमंत्री अनिल विंज ने आज सिरसा में जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ठ निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे अपने सम्बोधन में गुहमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करना व पीड़ियों को न्याय दिलाना सरकार का संकल्प् है और इसमें लापरवाही बर्दाशत नहीं की जायेगी

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता व जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया व विधायक असीम गोयल ने अम्बाला में शहीद उद्यम सिंह चौक का लोकापर्ण किया यहां पहंचने पर ग्रूदवारा सभा के पदाधिकारियों ने उन्हें सिरोपा व शाल भेंट कर स्वागत किया अपने सम्बोध्न में श्री कटारिया ने कहा कि हमें शहीदों के पदचिन्हों पर चलना चाहिए और उनके जीवन से प्ररेणालेनी चाहिए